श्री मोदी ने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों अन्य देशों की सरकारों बहपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ भारतीय कम्पनियों और विनिर्माताओं के सम्पर्क में है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों के लिए वैक्सीन सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसोटियों पर खरी उतरे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह कोविड से लड़ाई में प्रत्येक जान बचाने पर ध्यान दिया गया उसी तरह यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले उन्होंने कहा कि हर स्तर पर सरकारों को यह स्निश्चित करने के लिए मिल कर काम करना होगा कि टीकाकरण अभियान सुगमतापूर्वक व्यवस्थित और लगातार चलाया जा सके प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्च्अल बैठक के दौरान यह बात कही

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है अतिरिक्त शीत भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में भी राज्यों के साथ चर्चा की गई है श्री मोदी ने म्ख्यमंत्रियों से यह स्निश्चित करने को कहा कि बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा राज्य और जिला स्तरीय कार्यबल की नियमित निगरानी की जाए प्रधानमंत्री ने जांच और उपचार स्विधा के नेटवर्क के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत आक्सीजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आक्सीजीन की उपलब्धता के मामले में मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा स्वास्थ्य सचि राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल भी इस उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठक में उपस्थित थे

उन्होंने लोगों से जनसभा न करने अनिवार्य रुप से मास्क लगाने सोशल डिस्टेंशिंग और सेनेटाइजेशन के नियमों का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कोविड दिशा निर्देशों का पूर तरह से पालन करने के कारण राज्य में कोविड बीमारी से मृत्य्दर राष्ट्रीय दर से कम है और जनसहयोग से सक्रिय मामलों में कमी कमी आ रही है

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में अबतक पंद्रह हजार छत्तीस व्यक्ति कोविड से स्वस्थ हो च्के है कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग जिले से नौ ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सात नामसाई से छह चांगलांग लोअर दिबांग वैली और लेपारादा जिले से दो दो शी योमी वेस्ट सियांग और तिरप जिले से एक एक मामले शामिल है राज्य में कोविड रिकवरी दर तिरानबे दशमलव चार तीन प्रतिशत है और मृत्यु दर शून्य दशमलव तीन प्रतिशत पर बनी हुई है राज्य में सकारात्मक पक्ष यह है कि कामले ईस्ट केमेंग क्रा दादी और दिबांग वैली जिले में वर्तमान में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं है इधर कोविड सक्रमण से स्वस्थ हो च्के राम कृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर के मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसलटेंट डॉतालर मोटू ने महामारी के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया उन्होंने सभी स्वस्थ हो च्के लोगों से ट्रिम्स नाहरलग्न में चल रहे प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव में शामिल होने और अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है

असम सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन के राजकीय शोक घोषणा की है पूर्व म्ख्यमंत्री तरुण गोगोई को श्रद्वांजलि देने के लिए हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबम त्की ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है